नए दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हल्के हल्के और मामूली लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी

डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी ऐसे रोगियों को अगले सात दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कश्मीरी छात्रों का एक और समूह इंदौर से भी कश्मीर के लिए रवाना होगा संक्षिप्त समाचार अब कुछ समाचार संक्षेप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत माता के महान सप्रत महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है शिवपुरी जिले के अमोला के पास झांसी फोरलेन मार्ग पर आज सुबह एक मजदूरों से भरे ट्रक में पीछे से आ रहे एक द्वसरे ट्रक ने टक्कर मार दी इस सड़क हादसे में ट्रक में बैठे लगभग दो दर्जन से ज्यादा मजदूर घा ल हो गए आगरमालवा के अपर कलेक्टर एन एस राजावत ने जिले में जारी लाकडाउन तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का आमजनों से पालन कराने हेतु आगरमालवा शहर के लिये क्षैत्रवार दो पारी में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है

मन्दसौर के सीतामऊ थानां क्षेत्र के तालाब में नहाने गए तीन बच्चे तालाब में डुब गए एक का शव मिला है दो की तलाश की जा रही है